पिथौरागढ़ और चम्पावत विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यो की समीक्षा चमोली जिले के झेलम गांव के समीप भूस्खलन की चपेट में आने से दो लोगों की मृत्यु दो अन्य लापता

समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैकिंग रूटस को विकसित करने और पर्यटन गतिविधयों को बढ़ाने पर जोर दिया है उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटन की गतिविधियों को तलाशने के लिए पर्यटन और वन विभाग के बीच अच्छा तालमेल होना जरूरी है पिथौरागढ़ और चंपावत जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा लेते हए श्री रावत ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग के उचित प्रबंध होने जरूरी हैं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राज्य सरकार के मंत्रियों द्वारा की गई घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर तय समय के भीतर पूरा करें उन्होंने अधिकारियों को उनके क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यो का समय समय पर स्थलीय निरीक्षण करने को कहा श्री रावत ने पिथौरागढ़ विधनसभा क्षेत्र में कार्यरत अधिकारियों को जिले में पार्किंग की उचित व्यवस्था कर इन क्षेत्रों में यातायात को कृशल तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए समीक्षा बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि प्रदेश में भाजपा सरकार विकास के लिए काम कर रही है श्री कौशिक ने बताया कि पिथौरागढ़ और चंपावत जिले में सभी विधानसभा क्षेत्रों में जितनी भी घोषणाएं की गई थीं उनमें से अधिकांश पर कार्य पूरा किया जा चुका है जबकि अन्य पर काम जारी है भूस्खलन चमोली जिले के झेलम गांव के समीप खट नाले के पास बादल फटने के बाद हए भूस्खलन की चपेट मे आने से आज तड़के एक महिला समेत दो मजदूरों की मृत्यु हो गई और दो अन्य लापता हो गए जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी एन के जोशी ने बताया कि भारी बारिश के कारण पहाड़ी से हुए भूस्खलन का मलबा जोशीमठ मलारी मार्ग पर सड़क किनारे बने सीमा सड़क संगठन के कच्चे डेरे पर जा गिरा और उसमें रह रहे मजदूर दब गये सुचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और खोज एवं बचाव कार्य किया अब तक मलबे से दो शव निकाले जा चुके हैं जबकि अन्य दो मजदूरों की तलाश जारी है मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस दूर्घटना पर दूख व्यक्त किया है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को बीआरओ के संपर्क में रहते हए राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये हैं वहीं पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत पुर्ननिर्माण और लापता व्यक्तियों की खोजबीन का कार्य जारी है उधर ऋषिकेश बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर लामबगड़ में मलबा आने से यातायात अवरूद्व हो गया है और तीर्थयात्री मार्ग खुलने का इंतजार कर रहे हैं बढावा मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने कहा है कि प्रदेश में एकीकृत कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है इसकी मदद से पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को कम जोत में अधिक से अधिक लाभ मिलेगा

इस मौके पर मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य में फॉर्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गई है जिससे किसानों को समूहों में कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं ताकि किसानों पर काम का बोझ कम पड़े इस मौके पर केंदीय संयुक्त सचिव ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में उत्तराखण्ड द्वारा लागू किये जा रहे अभिनव पहल को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा उन्होंने कहा कि राज्य में डीबीटी लागू होने और मृदा परीक्षण कार्ड बनने से किसानों को फायदा पहुंच रहा है मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में कल भारी से बहत भारी बारिश होने का अनुमान जताया है विभाग ने रविवार को राज्य में कहीं कहीं अत्यधिक भारी बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया है इस बीच राज्य के कई हिस्सों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई जिसके बाद मौसम सुहावना हो गया है देहरादून सहित उधम सिहं नगर नैनीताल चम्पावत बागेश्वर और पिथौरागढ़ से दोपहर के बाद बारिश होने की सूचना मिली है

मुख्य सचिव उत्पल क्मार सिंह ने इस योजना के तहत वर्षा जल संरक्षण का काम प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश दिए हैं

पौधरोपण रिस्पना नदी को पुर्नजीवित करने के उद्देश्य से रविवार को व्यापक स्तर पर पौधरोपण कर मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा की शुरूआत की जाएगी इस अभियान की शुरूआत मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत केरवां गांव से वृक्षारोपण कर करेंगे इस मिशन के तहत एक ही दिन में ढ़ाई लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं

निधन पद्मभूषण कवि और गीतकर गोपाल दास नीरज का लम्बी बीमारी के बाद कल नई दिल्ली में निधन हो गया

सरल सहज शब्दों में अपने गीतों और मंच पर उनकी अनूठी अदायगी के लिए स्वर्गीय नीरज दशकों तक श्रोताओं के मन पर छाये रहे कारवां गुजर गया गुजर देखते रहे जैसे गीतों ने उन्हें अपार लोकप्रियता दिलाई

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जाने माने कवि और गीतकार गोपाल दास नीरज के निधन पर शोक व्यक्त किया है ट्वीट संदेश में श्री कोविंद ने कहा कि उनकी रचनाएं हमेशा याद रखी जाएंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि नीरज की अनूठी शैली उन्हें हर पीढ़ी और हर वर्ग के लोगों से जोड़ती रही प्रदर्शनी हस्तशिल्प और हथकरघा को प्रोत्साहन देने और इससे बने उत्पादों के प्रति लोगों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बागेश्वर नुमाईशखेत मैदान में हस्त शिल्प प्रदर्शनी लगाई गई है प्रदर्शनी में लकड़ी का फर्नीचर भदोही की कालीन खूर्जा की क्रॉकरी मेटल चूड़ियां ज्वालापुर की चप्पलें कृशन कवर पर्दे स्कर्ट लहंगे कुर्तियां आदि सजाई गई हैं इस प्रदर्शनी की मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को हस्तशिल्प से जोड़ कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है प्रदर्शनी में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से हस्तशिल्पी प्रतिभाग कर रहे हैं संक्षिप्त समाचार राज्य में छह एरोमैटिक वैली विकसित की जांएगी

मुख्य सचित उत्पल कुमार सिंह ने देहरादून में विभागीय अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में ये जानकारी दी मुख्य सचिव ने राज्य के प्रगतिशील कृषकों का व्हाट्सअप ग्रप बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि वे अपने विचार एक दूसरे से साझा कर सकें रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से प्रशासन ने एक अभिनव पहल की है इसके तहत देहरादून के स्कूली बच्चे पौधरोपण कर सेल्फी लेंगे और उन्हें दिए गए कार्ड पर दर्ज करेंगे इन कार्ड को जिला प्रशासन से मुहर लगाकर सत्यापित किया जाएगा और पौधरोपण करने वाले विद्यार्थी को ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा अल्मोड़ा के शहरी क्षेत्रों में पिछले दो दिनों से शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है